वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल की परीक्षा भी कल से आरंभ होगी मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अतिवाद को केवल एकजुटता से ही समाप्त किया जा सकता है वे आज कर्नाटक के तुमाकुरु में वीडिया कांफ्रेंस के जरिए युवाओं के सम्मेलन युवा शक्ति नये भारत की परिकल्पना को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि तीन पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजों से देश में उत्साह का जज्बा पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि पुरानी नीतियों से पूर्वोत्तर के लोगों में विरक्ति की भावना आ गई थी लेकिन एन डी ए सरकार की पिछले चार साल की नीतियों ने इसे दूर करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों ने एन डी ए सरकार के लिए वोट देकर बांटने वाली राजनीति को खारिज कर दिया है

भारतीय जनता पार्टी इसे पूरे प्रदेश में सेवा दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि अपने सेवा काल में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने समाज के हर घटक वर्ग समुदाय को अपने सेवा कार्यों से प्रभावित करते हुए राहत प्रदान की है

इस दौरान रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि कल शहरी क्षेत्र तहसील मुख्यालयं मंडल स्तर पर स्वच्छता अभियान आयोजित कर स्वच्छता में सभी की भागीदारी की अपेक्षा की जायेगी इस दौरान कन्या पूजन सुन्दरकांड कन्याभोज प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी रखे गये है मुख्यमंत्री किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अशोक नगर जिले के मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुनेरू और डोडिया में घन्यवाद सभा और हितग्राही सम्मेलन को संबोधित किया इस दौरान श्री चौहान ने घोषणा की कि किसानों को तीस हजार रूपये एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण पचास प्रतिशत तक खराब हो जाती है उन्हें प्रदेश सरकार यह मुआवजा देगी

साथ ही उन्होंने कहा कि मुंगावली को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा

श्री चौहान ने भोपाल स्थित अपने निवास पर संवाददाताओं से चर्चा में इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अभित शाह के कार्यो की जमकर सराहना की उन्होंने कहा कि श्री मोदी जिस समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं वह देश के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है चुनाव समिति लोकसभा और विधानसभा समेत विभिन्न चुनाव एकसाथ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो तीन चार महीनों में विभिन्न लोगों और विशेषज्ञों से चर्चा करके रिपोर्ट पेश करेगी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि संसदीय कार्य और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसके सभापति होंगे इसमें वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव और गिरिजाशंकर के अलावा भाजपा नेता विष्णुदत्त शर्मा तपन भौमिक पूर्व नौकरशाह एम एम उपाध्याय और वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती वीरा राणा सदस्य होंगे

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

सीबीएसई ने सुचारू परीक्षायें सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर व्यापक इंतजाम किए हैं मधुमेह से पीडित विद्यार्थियों को परीक्षा कोन्द्र में खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति होगी बोर्ड ने बताया कि कम्यूटर अध्यापक द्वारा परीक्षा केन्द् पर लेपटॉप की जांच करने के बाद विद्यार्थियों को लिखने के लिए विशेष जरूरत पर लेपटॉप का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा हाईस्कूल परीक्षा मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल की परीक्षा कल से शुरू हो रही हैं

इन केंद्रों पर एक एक प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है

दुषित भोजन छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ थाना क्षेत्र स्थित गांव डीवाढाना में कल शाम को दूषित भोजन से तीन दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार हो गए खाना खाने के बाद ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी और इसके बाद इन्हें परासिया और छिंदवाड़ा के अस्पतालों में ले जाया गया परासिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले एक सात वर्षीय बच्चे ने दम तोड़ दिया जबकि उस की नानी मां और बहन की हालत गंभीर है जिन्हें डॉक्टरों ने छिंदवाड़ा रैफर किया है

राजमार्ग से गुजर रहे लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस की दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया